इससे भारतीय इतिहास में नये यूग की शुरूआत हुई

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा ख़ुशहाली के प्रयास करें

योजना राज्य सरकार की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों और बागवानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर अधिकतर समाचापत्रों ने आज रेणुका जी बस हादसे की खबर को अलग अलग सुर्खियों से सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला की सुर्खी है तेज रफ्तार ओवर लोड बस पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरी नौ की मौत

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को शीर्षक दिया है रोहड् का चांशल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनेगा अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के रोहड् दौरे से सम्बंधित समाचार को सुर्खी दी है चांशल पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित दिव्य हिमाचल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा चांशल दैनिक जागरण का कहना है रोहड्र के द्रदराज क्षेत्रों में नहीं पहुंचा विकास द टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द हैं चांशल टू बी डेवलप्ड ऐज टूरिस्ट डेसिटनेशन सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चार्जशीट कमेटी गठित किये जाने पर दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश कांग्रेस ने गठित की चार्जशीट कमेटी विधायक रामलाल ठाक्र बने अध्यक्ष दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल कांग्रेस ने चार्जशीट तैयारी को बनाई कमेटी दिव्य हिमाचल का कहना है जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बनाई चार्जशीट कमेटी सचिवालय की फाइल घर से भी डील कर सकेंगे कर्मचारी शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है पेपरलेस होगा सरकार के सचिवालय का काम आपका फैसला की एक खबर है प्रधानमंत्री के मन में हिमाचल की वादियों में आया था मन की बात का विचार वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है पीएम मोदी बोले पहाड़ ने बताई थी रेडियो की ताकत अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है रिपलेस सुक्खू बीफोर लोकसभा पोल अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय स्थानांतरण का चक्रव्यूह में लिखा है कि हर बार की तरह वर्तमान सरकार भी स्थानांतरण जैसे मसलों को केवल सियासी प्राथमिकताओं के हिसाब से तय करके इस पर कोई बड़ी जहमत नहीं उठाएगी हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय सीमेंट के दाम पर मंथन जरूरी में लिखता है कि सीमेंट के दाम ज्यादा होने के कारण पाकिस्तान का सीमेंट प्रदेश के बाजार में जगह बनाने लगा है